निर्वाचन आयोग ने गत बाईस अप्रैल को क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों के अट्ठारह मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान कराने के लिए आदेश दिये थे कुरुंग कुमे जिले के ताली विधानसभा क्षेत्र के गंबा मतदान केंद्र पर मतदान दल के नहीं पहुंच पाने के कारण मतदान नही हो पाया सभी अट्ठारह मतदान केंद्र अरुणाचल वेस्ट संसदीय क्षेत्र के भीतर आती है राज्य में ग्यारह अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे

इस अवसर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एन डी ए के कई शीर्ष नेता तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूदा थे नरेंद्र मोदी वाराणसी से द्रसरी बार चुनाव लड़ रहे है इस सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव चुनाव मैदान में है

राज्यपाल जो तामिल नाडु के तीन दिवसीय अधिकारिक दौरे पर है ने रेजिमेंट को कलाकृतिया हथियार पेंटिग पोर्ट्रेट्स और ऎतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय महत्व की अन्य वस्तुओं के शानदार भंडार समर्पित किया इस संग्रहालय का उद्देश्य प्राचीन मध्ययुगीन और आधुनिक मद्रासी सैनिकों के अद्वितीय मार्शल इतिहास में एक अंतर्दष्टि प्रदान करना और आगंतुकों के लिए भारत के सशस्त्र बलों के लिए देशभक्ति और गौरव के स्रोत के रुप में काम करना है

कार्यशाला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सहयोग से किया था कार्यशाला में भाग लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने आविष्कारक खोजकर्ता और नवीन आविष्कारों को आसानी से पता लगाने के लिए स्काउटिंन तंत्र पर जोर दिया राज्य में समृद्धि जैव विविधता होने की बात करते हुए उन्होंने परिषद से सभी अद्वितीय बागवानी कृषि उत्पादों और पारंपरिक वेशभूषा और हस्तशिल्प के अद्वितीय डीजाइनों का भौगोलिक संकेतक टैग दर्ज करने का आग्रह किया

उन्होंने पासीघाट नगर पालिका परिषद के कार्यकारिणी अभियंता को विभिन्न गतिविधियों के लिए लगे कर्मियों का रेस्टर तैयार करने का भी निर्देह दिया है बैठक में सरकारी अधिकारी स्व सहायता समूह और गौर सरकारी संगठनों के सदस्यों सहित कई हितधारक उपस्थित थे

आज का अधिकतम तापमान ईकतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान शुन्य दशमलव नो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई